मणिपुर को पहली पारी में सत्तासी रनों पर समेटा उप मुख्यमंत्री सुशील क्मार मोदी ने कहा है कि प्रदेश में अब तक सात हजार तीन सौ अड़सठ फर्जी जीएसटी का निबंधन रद्द किया जा चुका है पटना में आयोजित स्टेक होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुये श्री मोदी ने कहा कि फर्जी निबंधन कराकर व्यापार करने वाले अठानवे लोगों के खिलाफ वाणिज्य कर विभाग ने कार्रवाई की है नौ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी के तहत फर्जी निबंधन को रोकने के लिए जियो टैगिंग की व्यवस्था शुरू की जायेगी केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान के लिए फास्ट टैग को अनिवार्य करने की अंतिम समय सीमा पन्द्रह दिसम्बर तक बढ़ा दी है पहले यह तिथि एक दिसम्बर तक निर्धारित थी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि अधिकतर गाड़ी मालिक अब भी कई कारणों से अपने वाहनों को फास्ट टैग से नहीं जोड़ पाये हैं इसलिए कुछ और समय दिया गया है पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को डीएलएड परीक्षा में सफल प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण खत्म होने की तिथि से वेतन बढ़ोतरी का लाभ देने पर विचार करने को कहा है न्यायमूर्ति प्रभात कुमार झा की एकल पीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुये यह आदेश सुनाया पीठ ने कहा कि डीएलएड परीक्षा के अंक पत्र और प्रमाण पत्र देने में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की जा रही देरी के मद्देनजर सरकार को वेतन बढ़ोतरी का लाभ देने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से फरवरी महीने तक बिहार पुलिस में तीस हजार खाली पदों का ब्योरा मांगा है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एके उपाध्याय की खंडपीठ ने सिपाही से लेकर अवर निरीक्षक पद तक को भरने की दिशा में अब तक की गयी कार्रवाई की जानकारी मांगी है खंडपीठ ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में प्रगति प्रतिवेदन जमा करने के बाद मार्च महीने के पहले सप्ताह में फिर से पूरे मामले की सुनवाई की जायेगी केन्द्र सरकार ने पटना मेट्रो के निर्माण के लिए पचास करोड़ रूपये की पहली किस्त जारी कर दी है बिहार सरकार अपने हिस्से की एक सौ सोलह करोड़ रूपये की राशि पहले ही पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दे चुकी है केन्द्र पटना मेट्रो के निर्माण लागत का बीस प्रतिशत हिस्सा वहन करेगा एनटीपीसी की बरौनी इकाई से राज्य को अगले सप्ताह से दो सौ पचास मेगावाट और बिजली मिलने लगेगी यूनिट का परीक्षण पूरा हो चुका है उत्पादन शुरू हो जाने के बाद एनटीपीसी समूह की उत्पादन क्षमता बढ़कर सत्तावन हजार तीन सौ छप्पन मेगावाट हो जायेगी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा सोशल मीडिया की चुनौतियों से निपटने के लिए सांसदों का अनौपचारिक समूह गठित करेगी नई दिल्ली में एक समारोह में श्री नायडू ने कहा कि सोशल मीडिया पर नकारात्मक चीजों से बच्चे गुमराह हो रहे है और हमारी वर्षो पुराने पारिवारिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है जो चिंताजनक है उपराष्ट्रपति ने कहा कि मीडिया को सनसनी फैलाने वाली टिप्पणियों पर ध्यान देने की अपेक्षा संसद के महत्वपूर्ण कार्यों को भी दिखाना चाहिए बाढ़ और सुखाड़ के कारण किसानों को हुये फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकार की ओर से मिलने वाले कृषि इनपुट अनुदान के लिए आज आवेदन का अंतिम दिन है कृषि विभाग के अनुसार अब तक सत्रह लाख साठ हजार से अधिक किसानों ने आवेदन किया है आम लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य स्विधाएं उपलब्ध कराने के मामले में कैमूर जिले को राज्यभर में पहला स्थान हासिल हुआ है राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार दूसरे स्थान पर अरवल और तीसरे स्थान पर मुंगेर जिला रहा चारा घोटाले में जेल में बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब छह दिसम्बर को सुनवाई होगी चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद अध्यक्ष ने जमानत याचिका दाखिल की है पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के मामले में लखीसराय स्थित यूको बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राजीव रंजन को दो वर्ष कारावास और दो हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है वहीं निगरानी की एक अदालत ने रिश्वतखोरी के ही एक मामले में नालंदा जिले के चंडी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के तत्कालीन लिपिक उमाशंकर प्रसाद को सात वर्ष कैद और पन्द्रह हजार रूपये जूर्माने की सजा सुनाई दोषी लिपिक को उन्नीस सौ पंचानवे में निगरानी की टीम ने पांच सौ रूपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने कहा है कि सहकारी क्षेत्र में स्टार्टअप के तहत नये उद्योग के लिए अब दो प्रतिशत कम ब्याज देना होगा पटना स्थित नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने कहा कि स्टार्टअप की दिशा में सहकारिता विभाग द्वारा सब्जी उत्पादन प्रसंस्करण और बेहतर विपणन की व्यवस्था की जा रही है बिहार पुलिस में चालक सिपाही के एक हजार सात सौ बाईस पदों के लिए आज से ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है आवेदन की अंतिम तारीख तीस दिसम्बर तक निर्धारित है अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की वेबसाईट पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले जा रहे कूच बिहार अन्डर नाईनटीन क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे मैच में भी बिहार की टीम ने जबरदस्त शुरूआत की है बिहार ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला किया और मणिपूर की टीम को पहली पारी में मात्र सत्तासी रनों के स्कोर पर समेट दिया सबसे अधिक आमोद यादव ने पच्चीस रन देकर पांच विकेट झटके हालांकि बल्लेबाजी करने उतरी बिहार की टीम की भी शुरूआत अच्छी नहीं रही और पहला विकेट मात्र अठारह रनों के स्कोर पर गिर गया हालांकि बाद के बल्लेबाजों ने स्थिति को संभाला आज बिहार की टीम दो विकेट पर संतानवे रन के स्कोर से आगे खेलेगी नेपाल के काठमांडू में होने वाले तेरहवें साउथ एशियन गेम्स के हैंडबॉल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले पुरूष टीम में नवादा के लक्की और महिला टीम में खुशबू कुमारी का चयन हुआ है कैमूर जिले के मोहनिया में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद हुये उपद्रव के मामले में पचास लोगों के खिलाफ नामजद और पांच सौ अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है मामले में इक्कीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज से दरभंगा में दो दिवसीय मिथिला लोक उत्सव का आयोजन हो रहा है बेगूसराय में दो दिसम्बर से सघन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने देश की आर्थिक वृद्धि दर में कमी आने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण लिखता है जीडीपी वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर चार दशमलव पांच फीसद पर प्रभात खबर ने लिखा है आठ प्रमुख उद्योगों में से छह में गिरावट दर्ज विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी गिरावट कृषि की हालत भी सुखद नहीं दैनिक भास्कर ने हैदराबाद में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और बाद में उसकी जलाकर हत्या से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है शौचालयों से हटेगा बापू के चश्मे वाला लोगो आज की सुर्खी है प्रज्ञा की माफी पर भी नहीं थमा बवाल राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है उद्धव आज साबित करेंगे विश्वास मत और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में अब तक सात हजार तीन सौ अड़सठ फर्जी जीएसटी निबंधन रद्द

मणिपुर को पहली पारी में सत्तासी रनों पर समेटा